समी हितग्राहियों के खाते में एकसाथ ये राशि जमा की जा रही है जिससे हितग्राहियों को बैंकों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन योजना की स्वीकृति प्रकिया को भी अब आसान बनाया गया है निशक्त और विधवा पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत के सचिव को दे दिये गये हैं राज्यपाल पचमढ़ी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल आज अपने तीन दिवसीय प्रवास पर होशंगाबाद जिले स्थित पर्वतीय स्थल पचमढ़ी पहुंची हेलीपैड पर कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया

राजभवन से जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल सबसे पहले पचमढ़ी कन्या छात्रावास का दौरा करेंगी कल भी राज्यपाल विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पांच लाख ग्यारह हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं ये आवास बेघर गरीब परिवारों को दिये जा रहे हैं

नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जा रही है

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी में बताया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत इस यात्रा में सागर खंडवा उज्जैन सिवनी शहडोल ग्वालियर बीना और इन्दौर के शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल है

जैविक मेला बालाघाट के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित तीन दिवसीय जैविक आध्यात्मिक कृषि मेले का कल समापन हआ

इस मेले का बालाघाट ही नहीं मध्यप्रदेश महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी लाभ उठाया और किसानों को अपने जैविक तथा अन्य उत्पाद बेचने के लिए एक अच्छा मंच मिला जैव विविधता मप्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तिगत और सरकारी संस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार योजना बनाई है

इस महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे जिला प्रशासन ने इस आयोजन की तैयारियों के लिए अलग अलग अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी है

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

कल आकोशित लोगों ने रैली निकाली और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौपा

जिसमें विभिन्न कंपनियां बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी